श्री चौहान इस दौरान बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी देंगे और उपभोक्ताओं से उनकी समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे दुर्घटना राजगढ़ जिले में सारंगपुर नगर के पास गोपालपुरा बायपास पर दो कारों की टक्कर हो जाने से पांच लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए यह दुर्घटना आज सुबह लगभग साढ़े पांच बजे हई इनोवा कार में सवार जुना अखाडे के संत ओरंगाबाद से लखनऊ जा रहे थे वहीं दूसरी तरफ से आ रही कार गुना से इंदौर की तरफ जा रही थी चालक के नियंत्रण खो देने से यह हादसा हुआ इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को उपचार के लिये इंदौर भेजा गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुःख प्रकट किया है

जबकि उपचार के बाद ठीक होकर घर लौटने वालों की संख्या भी बढ़ रही है

जबलप्र मेडीकल कॉलेज से मिली जांच रिपोर्ट में पांच व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है

शहडोल संभाग में उमरिया जिला ऐसा है जहां अभी कोरोना संकमण का कोई भी मरीज नहीं है

मुरैना जिले में तीन मरीजों को स्वस्थ होने के बाद आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीएस चौहान ने बताया कि रविवार को एक महिला के कोरोना संकमण से मुक्त होने पर उसे घर भेज दिया गया है

इतिहास में यह पहला मौका है जब इस यात्रा पर रोक लगाई गई है

रीवा शहडोल संभागों के कई स्थानों पर भी बारिश हुई सिंगरौली और सीधी जिले में पांच पांच सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई मौसम विभाग के अनुसार आज रीवा शहडोल संभागों तथा छिंदवाड़ा बालाघाट बैतूल होशंगाबाद रायसेन और सीहोर जिले में भारी वर्षा की संभावना है